उत्तर प्रदेष विधानसभा का मानसून सत्र आगामी अट्ठारह जुलाई से तेईस जुलाई को वित्तीय वर्श दो हजार उन्नीस बीस के लिये पेष किया जायेगा पहला अनुपूरक बजट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानूनी पेशेवरों का आह्वान किया है कि वे समाज में अमीरों की तरह गरीबों को भी न्याय हासिल करने के लिए सक्षम बनाए

उन्होंने न्यायाधीशों अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों सहित कानूनी पेशे से जुड़े सभी लोगों से कानून के शासन की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का आह्वान किया राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र विकसित हो रहा है कानूनी क्षेत्र में भी भारी बदलाव आ रहा है नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में कल से दो दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत हुई

स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने से पहले केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर स्वच्छता का संकल्प लिया इस अवसर पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रत्येक सांसद देश के हरेक गांव और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष की स्वच्छता के लिए की गई पहल की सराहना की उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम अब आंदोलन बन चुका है उत्तर प्रदेष विधान सभा का मानसून सत्र अठ्ठारह जुलाई से षुरू होकर छब्बीस जुलाई तक चलेगा विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी दूसरे दिन उन्नीस जुलाई से सदन में सामान्य काम काज षुरू होगा बीस और इक्कीस जुलाई को षनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण सदन की बैठके नहीं होंगी विधान सभा में तेईस जुलाई को वित्तीय वर्श दो हजार उन्नीस बीस के लिए पहला अनुपूरक बजट पेष किया जायेगा चौबीस जुलाई को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की जायेगी पच्चीस और छब्बीस जुलाई को सदन में अन्य विधायी कामकाज निपटाये जायेंगे थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जायेगा वे कल नई दिल्ली में करगिल संघर्ष के बीस वर्ष प्रे होने पर आयोजित एक सेमिनार को सम्बोधित कर रहे थे जनरल रावत ने कहा कि आतंक की हर घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में स्थित अस्पतालों में चिकित्सकों और अर्द्दचिकित्सा कर्मियों के खाली पद भरने का परामर्श जारी किया है इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के अधिक बोझ को दूर करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने राज्यों से दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने को कहा है केंद्र सरकार के बजट दो हजार उन्नीस बीस का लोगों ने स्वागत किया है और बजट को लोक हितकारी बताया जा रहा है बजट पर कल लखनऊ में एक चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगो ने भाग लिया

काफी बजट जो है वह छोटे लोगों के काफी एटैक्टिव है सैलरीज को काफी फायदा है और सीनियर सिटीजन को काफी फायदा है और कुछ काफी सारे रिवेटस और डिडैक्षन उनके लिए भी एलाउड हुए हैं और बजट में जैसे प्रोविजन जो है वह बीकर सेक्षन के लिए और फामर्स की इनकम कैसे इन्य्रढ हो वह कैसे ख्यहाल हों क्योंकि अपने देष में सत्तर प्रतिषत आबादी फामर्स पर बेस्ड है इसलिए फामर्स की इनकम के लिए काफी सारे प्लान इस बजट में हैं प्रोवाइडेड हैं उनको देखते हए ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी प्रति कैप्टा इनकम जो जनरल पब्लिक की है वह बढेगी और फामर्स काफी ख्रषहाल होगा वहीं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट गौतम नायक ने इसे विकास परक बताया इसमें एक चार पांच प्रोजेक्ट जो है उसमें आम आदमी का फायदा हो जायेगा

द्रसरा यह है कि इलेक्ट्रिक वैक्लि लेने के लिए आप लोन लेते हो तो उसके उपर आप ब्याज लेते हो तो डेढ़ लाख के ब्याज का डिडेक्सन आप मिलेगा

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल उच्च स्तरीय बैठक में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेन्सियों की तैयारियों का भी जायजा लिया सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि गृहमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित राज्यों को आवश्यक सहायता पहुंचाने को भी कहा मौसम विभाग के अनुसार पिछले तीन चार दिन में असम और बिहार में भारी वर्षा हुई है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एन डी आर एफ के महानिदेशक ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त राज्यों के संवदेनशील स्थानों में एन डी आर एफ की तिहत्तर टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई हैं गृह मंत्रालय के अनुसार एन डी आर एफ ने असम और बिहार से करीब सात सौ पचास लोगों को सुरक्षित बचा लिया है प्रदेष में पिछले एक सप्ताह से रूक रूक कर हो रही मूसलाधार बारिष के कारण राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं लखीमपुर खीरी के पलियाकला में षारदा नदी खतरे के निषान से पचपन सेन्टीमीटर ऊपर बह रही है वहीं विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बहराइच में घाघरा और सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है नदियों के किनारे बसे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं वहीं नानपारा कैसरगंज महसी क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि में जलभराव से किसानों को कृशि कार्यो में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उधर बलरामपुर में लगातार हो रही तेज बारिष के चलते जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है राप्ती नदी के जेल स्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है हालांकि नदी अभी खतरे के निषान से काफी नीचे हैं वहीं जिले के तराई क्षेत्र में पहाड़ी नालों के उफान से कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति से आवागमन बाधित हुआ है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से शारदा नदी को छोड़कर अधिकांश नदियाँ में पानी बढ़ रहा है लेकिन वे खतरे के निशान से नीचे बह रहीं है

सरयू नदी का पानी बहराइच और अयोध्या में बढाव पर है और जिला प्रशासन ने नदी के किनारे के लोगों को सतर्क कर दिया है बलिया जनपद में बीती रात तेज हवाओं और वर्षा के कारण सडकों पर पानी भर गया बखरामपूर जनपद में पहाड़ी नालों के उफान के कारन यातायात बुरी तरह प्रभवित हआ है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव सावन माह में षुरू होने वाली कॉवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे कॉवड़ियों की सुरक्षा के लिए हेलीकाप्टर से निगरानी की जायेगी

मुख्य सचिव ने बताया कि कॉवड़ियों की यात्रा के लिए मार्गो को गड़ढ़ामुक्त बनाया जायेगा और अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी उन्होंने बताया कि कॉवड़ियों के विश्राम स्थल घाटों और षिविरों में प्रकाष की समुचित व्यवस्था के लिए नगर निगमों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है साथ ही ट्रैफिक प्लान बनाकर रूट डायवर्जन किया जायेगा ताकि कहीं कोई दुघर्टना न हो उन्होंने बताया कि कॉवड़ियों की सुविधा के लिए प्रत्येक थानों पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था रहेगी कॉवड़ यात्रा सत्रह जुलाई से षुरू होगी

प्रदेष के मत्स्य विभाग द्वारा इस वर्श दस हजार से अधिक मत्स्य पालको को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण मिल सकेगा